पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि सरकार ने उद्योगों को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति देने में लगने वाले समय में कटौती की है ताकि मंत्रालय विकास कायों में रुकावट न बने

उन्होंने कहा कि सरकार इस अवधि को और घटाकर दो महीने करना चाहती है पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती देश के निर्यात को बढ़ाना है और उद्योगों को इसी पर ध्यान केंद्रित करना होगा

ये हड़ताल पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के खिलाफ हुई हिंसा के विरोध में की गई है

प्रदेश में भी लगभग सभी जिलों में चिकित्सकों ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया टोंक के देवली में आज आईएमए शाखा द्वारा उपखण्ड अधिकारी को प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के नाम ज्ञापन देकर केन्द्रीय कानून बनाये जाने की मांग की

बाद में वे आर्थिक विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगी इससे पहले वित्तमंत्री ने ढांचागत क्षेत्र क्रषि उद्योग और व्यापार प्रतिनिधियों के साथ साथ जलवायू रिवर्तन के विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श किया

उन्होंने उद्योगों से इस क्षेत्र में अधिक निवेश करने का आग्रह किया वे आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ की राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित कर रहे थे

प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों से इस कार्यक्रम के लिये अपने विचार भेजने को कहा है श्रोता अपने विचार सरकार के पोर्टल माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते है

खाद्य विभाग की शासन सचिव मुग्धा सिन्हा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि नये परिवार में वरिष्ठतम महिला मुखिया के नाम जारी किये जाने का प्रस्ताव है साथ इन्हें बायोमैट्रिक फ्रैंडली बनाया जायेगा उन्होंने कहा कि राशन कार्ड में परिवार की सभी मुख्य सूचनाओं का समावेश करने का प्रयास भी किया जायेगा

इसके माध्यम से शिक्षकों और कार्मिकों की समस्याओं का ऑनलाईन निराकरण किया जा सकेगा इस बारे मेंशिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने निर्देश दिए थे शिक्षामंत्री इसके साथ ही अधिकारियों को उर्दू शिक्षकों का पदस्थापन उन्हीं स्कूलों में करने के निर्देश दिये हैं जहां उर्दू के विद्यार्थी हैं

उच्चा शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने आज जयपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य स्तरीय प्रस्कार वितरण समारोह में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है

यह गणना राज्य में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा की जाएगी

इस बीच प्रदेश के विभिन्न जिलों में आर्थिक गणना के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ब्रंदी में अगले सप्ताह से पर्यवेक्षकों और प्रगणकों के लिए ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे

आई जी ने बिशेष तौर पर हाल ही में डकैत जगन गूर्जर द्वारा जिले के केशोपुरा और फादल पूर गांव में गोलीबारी के अलावा महिलाओं के साथ की गई मारपीट की घटनाओं की जानकारी ली आई जी ने पुलिस अधीक्षक को जिले के डांग क्षेत्र में गश्त बढाने और डकैतों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए

इस अवसर पर लोगों में रक्तदान के प्रति जागरुकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष पोस्टर का विमोचन किया गया इस साल विश्व रक्तदाता दिवस की थीम रक्दान एवं सुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन रखी गई है इसी उद्देश्य से इस वर्ष का स्लोगन सेफ ब्लड फॉर ऑल रखा गया है इस मौके पर प्रतापगढ के जिला चिकित्सालय में विभिन्न संगठनों की ओर से रक्तदान का कार्यक्रम हुआ जिला विधिक सेवा अधिकरण और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्यशाला आयोजित की गई

नागौर जिले के कुचामन सिटी मेड़ता मकराना में भी सामाजिक संस्थाओं द्वारा रक्तदान शिविर लगाकर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान करवाया गया

सहकारिता रजिस्ट्रार नीरज के पवन ने ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों में गबन घोटाले और फ्रॉड करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बख्शा नहीं जायेगा

साहित्य अकादमी के अध्यक्ष चन्द्रशेखर कम्बार की अध्यक्षता में हई कार्यकारिणी की बैठक में इन प्रस्कारों को मंजूरी दी गयी

इस बीच हाल ही में हुई बारिश के बाद राज्य में कई जगह उमस ने लोगों को परेशान किया